उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार अजेत होमटोक को हराया

इसके साथ ही राज्य विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या बढकर चार हो गई है साठ सदस्यीय राज्य विधानसभा में भाजपा के इकतालीस कांग्रेस और एन पी पी के चार चार जे डी यू के सात पीपीए के एक और तीन निर्दलीय विधायक है

श्रीमती चाकत अबोह नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता तिरोंग अबोह की पत्नी है जिनका एन एस सी एन के संदिग्ध आतंकियों ने चुनाव परिणाम आने से दो दिन पहले इक्कीस मई को तिरप जिले में गोली मार कर हत्या कर दी थी थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने अरुणाचल प्रदेश में सेला में पूर्वी कमान के सैनिकों द्वारा संचालित सामूहिक प्रशिक्षण की समीक्षा की इस अभ्यास का उद्देश्य ज्यादा ऊंचाई के वातावरण में सभी सेनाओं और सेवाओं की गतिविधियों में सहयोग करना है यूनिट्स और टुकड़ियों के निर्माण की कार्यात्म का क्षमता का मूल्यांकन करने और कमान के नेतत्व का आकलन करने के लिए सेना इस तरह के अभ्यास नियमित तौर पर करती है थल सेनाध्यक्ष ने अभियानों की तैयारी की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और कमंडरों और सैनिकों से बातचीत की उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने सरकारी विभागों द्वारा बजट योजनाओं के उचित उपयोग और समय पर कार्यान्वयन का आह्वान किया है

उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं बागवानी को प्राथमिकता दिया जा रहा है और किसानों की आय को दोग्रनी करने के लिए धनराशि को उसी हिसाब से बजट अनुमान में रखा गया था प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश क्रमार की अध्यक्षता में कल ईटानगर में राजधानी के निकट होलंगी में ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले परिधीय कार्य पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित हुई बैठक में कार्य की गुणवत्ता एवं सरकारी खजाने पर अनावश्यक दबाव से बचने पर जोर देते हुए श्री कुमार ने सभी कार्यकारी विभागों को अपनी विस्तृत परियोजना रिर्पोट में वास्तविक अनुमान सौंपने का निर्देश दिया उन्होंने अभियंताओं को डी पी आर को इस तरह से तैयार करने का सुझाव दिया कि भविष्य में इसके विस्तार की गुंजाइस हो बैठक के दौरान बिजली एवं जल आपूर्ति बाउंडरी वाल का निर्माण और हाई टेंशन लाइन की शिफ्टिंग जैसे विभिन्न अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बर्ष नौ फरवरी को ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष तेसम पोंगते ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की शुरुआत ने सभी उम्मीदवारों के लिए एक स्तर का मैदान प्रदान किया है जो केवल कड़ी मेहनत और योग्यता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है

मंत्रिमंडल ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ग्रुप ए सामान्य ड्यूटी एक्जिक्यूटि कैडर और गैर राजपत्रित वर्ग की कैडर समीक्षा को मंजूरी दी है मंत्रिमंडल ने दो नए कमान के गठन का भी फैसला लिया है पश्चिमी कमान जिसका मुख्यालय चंड़ीगढ़ में और पूर्वी कमान जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में होगा यह कमान अतिरिक्त महानिदेशक के तहत काम करेगी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 आजका अधिकतम तापमान बाईस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान उन्नीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच दशमलव दो मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई